एक एक नया मामला बिलासपुर और हमीरपुर ज़िले में सामने आया है

बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस दौरान साइना नेहवाल के पति अर्जन पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी पारूपल्ली कश्यप भी मौजूद रहे राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुविधाएं दे रही है और ग्रामीण स्तर पर खेलों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मदद से प्रदेश में खेल के लिए अधिक आधारभूत ढांचे की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है भेंट के दौरान साइना नेहवाल ने प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी खोलने की इच्छा जताई बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी शिष्टाचार भेंट की विश्वकर्मा दिवस निर्माण सृजन शिल्प व वास्तु के देवता विश्वकर्मा की जयंती आज प्रदेशभर में मनाई गई इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कारीगरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना की दीपावली के अगले दिन तकनीक के देवता विश्वकर्मा की पूजा का विशेष महत्व है विश्वकर्मा जयंती के मौके पर सोलन में भी कारीगरों द्वारा औज़ारों की विधिवत पूर्जा अर्चना की गई उनका कहना है कि आज के दिन विश्वकर्मा को याद किया जाता है इस बीच आज गोवर्धन पूजा का पर्व भी धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया

इसके अलावा निर्वाचन विभाग की वैबसाइट पर भी मतदाता सुचियों का प्रारूप उपलब्ध रहेगा

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत चलाई जा रही योजनाओं ने रोज़गार सुजन से समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रेस दिवस राष्ट्रीय प्रेस दिवस कल मनाया जाएगा कोरोना संकट के कारण इस वर्ष ये आयोजन वर्चुअल माध्यम से ही किया जाएगा भारतीय प्रेस परिषद के दिशा निर्देशो के अनुसार इस बार मीडिया कर्मी वैबिनार के माध्यम से जुड़कर ही निर्धारित विषय पर चर्चा करेंगे

मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दूसरे दिन भी हल्के बादल छाए हुए हैं